बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षान्त समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में तीस से पैंतीस प्रतिशत तक कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है बाईट आज देश अपने कार्बन फूटप्रिंट की तीस से पैंतीस प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है

प्रयास ये है कि इस दशक अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम चार गुणा तक बढ़ाएगें देश की ओइल रिफाननिंग कैपेसिटी को भी आने वाले पांच सालों में करीब करीब दो गुणा करने के लिए काम किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत बडी चुनौती है लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं अधिक बडी हैं प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नये अवसरों में बदलें बाईट जीवन में वही लोग सफल होते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी का भाव हो सफलता की सबसे बड़ी शुरूआत उसकी पूंजी सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी होती है और कमी आप देखोगे जो विफल होते हैं उनके मन में हमेशा सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन के बोझ के नीचे दबे हुए हैं यार क्या करू एग्जाम आ रही है यार क्या करू जल्दी जाना है हर बार बर्डन सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी का भाव व्यक्ति को जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चूनिटी को भी जन्म देता है उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए सेंस ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी और परपस ऑफ लाइफ दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो गया राजधानी पटना समेत प्रदेशभर की प्रमुख नदियों गंगा कोसी गंडक बागमती सोन के अलावा तालाबों जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं ने भागवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया कोरोना संक्रमण को देखते हुये व्रतियों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया अर्घ्य देने के लिये आज अहले सुबह से ही व्रती विभिन्न नदियों के घाटों जलाशयों और अस्थायी कुंडों के समीप पहुंच चुके थे बड़ी संख्या में दूर दराज से आये व्रतियों ने पूरी रात नदियों के घाटों पर ही जागरण किया और सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया इसके बाद व्रतियों ने पारण कर प्रसाद ग्रहण किया इस दौरान प्ररे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था जिला प्रशासन विभिन्न छठ पूजा समितियों और स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की स्विधा और उनके स्वागत में जूटे रहे विधान परिषद् के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कल होगा विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करायेंगे विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार कोसी से भाजपा के एन के यादव दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जदयू के देवेश चन्द्र ठाकूर निर्वाचित हुये हैं जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा तिरहुत से सीपीआई के संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के ही केदारनाथ पांडेय निर्वाचित हुये हैं इन आठ सदस्यों में से सात फिर से चून लिये गये हैं जबकि मात्र एक सर्वेश क्मार परिषद के लिए पहली बार निर्वाचित हुये हैं इधर सत्रहवीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को तेईस नवम्बर से शपथ दिलायी जायेगी विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रहवीं विधानसभा की पहली बैठक तेईस से सत्ताईस नवम्बर तक होगी तेईस और चौबीस तारीख को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी जायेगी जबकि पच्चीस नवम्बर को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चूनाव होगा छब्बीस नवम्बर को राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सत्ताईस नवम्बर को दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी जनता दल यूनाईटेड ने आरोप लगाया है कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के मुंह से राजनीतिक श्रृचिता और नैतिकता की बात शोभा नहीं देती पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुये हैं और बयानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा भ्रष्टाचार के मामले में कड़ा रूख अपनाया है जब भी इस तरह के मामले आये हैं मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है श्री सिंह ने कहा कि मेवालाल चौधरी प्रकरण में भी इसी के तहत उनसे मंत्री पद का इस्तीफा लिया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शानदार काम किया है और दुनिया की प्रत्येक प्रमुख कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इनवेस्ट दो हजार बीस के बारे में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले पांच छह वर्षों में चौसठ अरब डॉलर का निवेश हो चुका है श्री सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों में शामिल है जिसमें बडे पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के दो सौ अठहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ नौ नये मामलों की प्रष्टि पटना जिले में हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में सत्रह नालंदा बेगूसराय और सारण में तेरह तेरह नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख तेईस हजार छह सौ पन्द्रह मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि वर्तमान में प्रदेश में पांच हजार चार सौ पन्द्रह सक्रिय कोविड मरीज हैं राज्य में इस वैश्विक महामारी से अब तक एक हजार दो सौ सोलह लोगों की मौत हो चुकी है देश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण से उनचास हजार सात सौ पन्द्रह मरीजों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ कर चौरासी लाख अठहत्तर हजार एक सौ चौबीस हो गयी है देश में इस महामारी से स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह सात प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के छियालीस हजार दो सौ बत्तीस नये मामलों की पूष्टि के साथ संक्रमितों की कुल संख्या नब्बे लाख पचास हजार पांच सौ अंठानवे हो गई है देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या चार लाख उनतालीस हजार सात सौ सैंतालीस है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अमी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्युनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्युनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं रेलवे ने पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते आज से छह ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जायेगा रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आज और तेईस नवम्बर को दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस अप डाउन दोनों रद्द रहेगी जबकि आज और कल अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों को रद्द कर दिया गया है वहीं जालंधर सिटी से कल खूलने वाली जालंधर सिटी दरभंगा एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गयी है कल खुलने वाली अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अमृतसर के स्थान पर अम्बाला से शुरू होगा जबकि कल अमृतसर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का परिचान दिल्ली के रास्ते किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं जाने माने विद्वान और मैथिली साहित्य अकादमी के सदस्य प्रोफेसर महेन्द्र प्रसाद सिंह का आज पटना एम्स में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया वे जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे प्रोफेसर सिंह मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के इकहरी गांव के रहने वाले थे प्रोफेसर महेन्द्र प्रसाद सिंह दोनवारीहाट खुटौना कॉलेज से मैथिलीक प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुये थे उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है साहित्य जगत शिक्षा जगत और समाज के कई गणमान्य लोगों ने महेन्द्र प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि इसके चलते राज्य में अधिकांश हिस्सों में ठंढ़ में बढ़ोतरी हो सकती है

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार वैशाली से तीन नालंदा समस्तीपुर और बेगूसराय से एक एक व्यक्ति की ड्रबने की खबर है आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों मछली पालकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह दिन हर साल इक्कीस नवंबर को मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दस सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का श्रभारंभ किया था